इनमें बिलासपुर बलरामपुर महासमुद और रायगढ़ जिला शाभिल है वहीं बस्तर जिले में कल पंद्रह से बाईस अप्रैल तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है बिलासपुर जिले में आज से लागू हुआ लॉकडाउन इक्कीस अप्रैल तक चलेगा इस दौरान जिले की सभी सीमाए सील कर दी गई हैं इससे पहले कल पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकालकर शहर का भ्रमण किया और लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की वहीं आज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पूरे शहर का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया इसी तरह बलरामपुर महासमुंद और रायगढ़ जिले में भी आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है महासमुद जिले में लॉकडाउन के दौरान जिले की पंद्रह अंतर्राज्यीय और अंतर्जिला सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है सीमा पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नजर रखी जा रही है वहीं रायगढ़ जिले में लॉकडाउन के पहले दिन आज शहर में सन्नाटा पसरा रहा पुलिस की टीम शहर में दिनभर पेट्रोलिंग करती रही इधर दुर्ग जिले में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने के बाद आज पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च निकाला और लोगों से जागरूक रहने की अपील की उधर कोंडागांव जिला कलेक्टर ने जिले में लॉकडाउन की संभावना से इंकार किया है उन्होंने कहा है कि जिले में सख्ती बढ़ाई जाएगी सभी सीमाओं पर जांच केन्द्र बनाया गया है इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी रेंज के प्रलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलों में लगाए गए लॉकडाउन की स्थिति और कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक में श्री साह ने जिला प्रशासन से समन्वय कर लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए उन्होंने लॉकडाउन के दौरान चल रही गतिविधियों की जानकारी ली और कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए कोरोना समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा एक लाख को पार कर गया है कल प्रदेश में पंद्रह हजार एक सौ इक्कीस कोरोना संक्रमित नये मरीजों की पहचान की गई इन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर चार लाख बहत्तर हजार के करीब पहंच गई है इनमें से तीन लाख संतावन हजार से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं वर्तमान में एक लाख नौ हजार से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है वहीं कल कोरोना संक्रमण से एक सौ नौ लोगों की मृत्यू भी हुई प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक पांच हजार एक सौ सतासी लोगों की मौत हो चुकी है इस बीच आज राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता और संयुक्त संचालक डॉक्टर सुभाष पांडेय का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया उनका पिछले र्तीन दिनों से एम्स रायपुर में इलाज चल रहा था वहीं आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के उद्घोषक दीपक हटवार की पत्नी का आज भिलाई के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया इससके पहले सिविल निर्माण स्कंध के सहायक अभियंता एके अग्रवाल की पत्नी का भी नया रायपुर के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है मुख्यमंत्री निर्देश कोरोना संक्रमण की वजह से जिन लोगों की मृत्यु होती है उनके मृत शरीर के परिवहन के लिए निजी अस्पतालों द्वारा अत्यधिक राशि मांगे जाने की शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना पीड़ितों के मृत शरीर के स्टोरेज और परिवहन के लिए पच्चीस सौ रूपये तक की राशि लेने के आदेश का परीक्षण कर उसके जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को निजी अस्पतालों में अत्यधिक राशि लिए जाने की शिकायत मिल रही थी इसे रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया था यह केवल निजी अस्पतालों के लिए है शासकीय अस्पतालों में यह सुविधा निःशुल्क है कोरोना जांच दर राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निजी पैथोलॉजी लैबों और अस्पतालों में कोरोना की जांच के लिए आरटी पीसीआर एंटीजन रैपिड तथा ट्रू नॉट टेस्ट की दरों में कमी करने का निर्णय लिया है इसके तहत रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए एक सौ पचास रूपये का शुल्क तय किया गया है इसमें जांच कन्जुमेबल्स पीपीई किट आदि शुल्क शामिल है वहीं आरटी पीसीआर जांच के लिए पांच सौ पर्चास रूपये निर्धारित किया गया है इसके अलावा द्र नॉट टेस्ट के लिए तेरह सौ रूपये का शुल्क लिया जाएगा इन सभी जांच के लिए संभावित मरीज के घर से सैंपल एकत्रित किए जाने पर दो सौ रूपये अतिरिक्त शुल्क लिए जाएंगे वहीं राज्य सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में भी कोरोना उपचार की दर निर्धारित कर दी है इस योजना के तहत प्रतिदिन के हिसाब से जनरल वार्ड के लिए दो हजार एचडीयू ऑक्सीजन के साथ साढ़े पांच हजार आईसीयू बिना वेंटीलेटर के सात हजार और आईसीयू वेंटीलेटर के साथ नौ हजार रूपये की दर निर्धारित की गई है इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड अस्पताल आइसोलेशन सेंटर कोविड केयर सेंटर और अन्य व्यवस्था के लिए संसाधन जुटाने भंडार क्रय नियम को शिथिल करने के निर्देश जारी किए हैं वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कल नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज कोविड प्रोटोकॉल कोविड अनुकूल व्यवहार और कोविड केयर तथा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया वर्च्यअल रूप से आयोजित इस प्रशिक्षण में दूर्ग भिलाई के पांच सौ से अधिक नर्सिंग के विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन किया गया केन्द्र कोविड वैक्सीन केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं है लेकिन समस्या राज्यों में इसके बेहतर प्रबंधन की है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया कि वे वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें गौरतलब है कि केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तेरह करोड़ दस लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराएं है इधर छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण तेजी से जारी है राज्य में अब तक पैंतालीस लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है छत्तीसगढ़ में करीब चार लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है

इसके अलावा पैंतालीस वर्ष से अधिक आय् वर्ग के साठ प्रतिशत लोगों को भी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है कल प्रदेश में करीब एक लाख लोगों को कोविड टीका लगाया गया विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर इस बीच बिलासपुर के वरिष्ठ डॉक्टर अभिजीत रायजादा ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कोन्द्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने देशभर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढ़ाई का भी नुकसान न हो कोविड की मौजूदा स्थिति स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बारहवीं की बोर्ड परीक्षाए स्थगित की गई है पहली जून को स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा के बारे में फैसला किया जायेगा आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दसवीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जायेगा कई राज्यों ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी कोरोना राशि आवंटित राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश के जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य केन्द्रों चिन्हांकित कोविड अस्पताल और आइसोलेशन सेंटरों में परीक्षण के लिए मशीन और चिकित्सकीय उपकरण मद में नौ करोड़ रूपये की राशि आवंटित की है कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए आपदा मोचन निधि से राज्य के सभी अट्ठाईस जिलों में राशि का आवंटन किया गया है वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर राज्य में कोरोना को हराने में मदद के लिए विभिन्न संगठन और सामाजिक संस्थाएं आगे आने लगे हैं इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री को राजधानी रायपुर के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों क्रेडाई और बैंक द्वारा एक करोड़ उनतालीस लाख रूपये से अधिक की राशि और राहत सामग्री प्रदान की गई है इस बीच हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को देश में तीसरा स्थान मिला है छत्तीसगढ़ ने कोरोना महामारी के इस कठिन समय में भी अपना नाम देश के शीर्ष दस राज्यों में शामिल किया है जिन्होंने लक्ष्य से अधिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नयन किया है अंबेडकर जयंती देश आज संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी एक सौ तीसवीं जयंती पर श्रद्वासुमन अर्पित कर रहा है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म चौदह अप्रैल अट्ठार सौ इंक्यानवे को मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के मऊ कस्बे में हुआ था आजादी के बाद वे देश के विधि और न्यायमंत्री बने उन्हें वर्ष उन्नीस सौ नब्बे में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जीवनभर प्रतिकूलताओं के बीच अपने लक्ष्य पर डटे रहे और असाधारण उपलब्धियां हासिल कीं वहीं उपराष्ट्रपति ने ट्वीट में कहा कि एक महान समाज सुधारक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी और संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर एक सच्चे मानवतावादी थे प्रधानमंत्री ने ट्वीट र्मे कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कोशिक ने प्रदेशवासियों को अंबेडकर जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर मार्ल्यापण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की रमजान रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है है नमाजियों ने कल रात कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सीभित स्तर पर विशेष नमाज तरावी अदा की कई मौलवियों और विद्वानों ने मुसलमानों से रमजान के दौरान सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों और मानकों का पालन करने की अपील की है रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना है और एक महीने का रोजा समाप्त होने पर ईद उल फित्र मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है उन्होंने कहा कि इससे समानता भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पवित्र रमजान माह के शुभारंभ अवसर पर मुस्लिम समाज सहित आम जनता को मुबारकबाद दी है मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि रमजान का यह महीना प्यार भाईचारा रहमत और बरकत लेकर आए उन्होंने अपील की है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी अपने घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें संकट के इस समय में लॉकडाउन और फिर्रिजकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रमजान के महीने की इबादतें भी अपने अपने घर में ही करें जनसुनवाई आपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर जिले के ग्राम चपका में एक आयरन प्लांट के लिए जनसुनवाई रखे जाने पर आपत्ति जताई है पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा जिले में धारा एक सौ चवालीस लगाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह इकट्ठा खड़ा करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चर्चा कर समस्याओं का जल्द निराकरण करने को कहा है दुर्ग जिले में निजी अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए नोडल अधिकारी अस्पताल द्वारा जारी बिल पर भी नजर रखेंगे ताकि अस्पताल प्रबंधन निर्धारित दर से अधिक राशि न ले सकें इसी जिले में कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि इस तरह का कोई भी मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित व्यक्ति को सीधे जेल भेजने की कार्रवाई की जाए राजनादगांव जिले में दानदाताओं से प्राप्त अंठावन लाख रूपये की राशि से दस वेंटीलेटर शासकीय मेडिकल कॉलेज पेण्ड्री के लिए खरीदे गए हैं महासमुद जिले में राजस्व अधिकारियों ने जिला चिकित्सालय की कोविड केयर यूनिट को बीस ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं धमतरी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यावसायियों ने थोक सब्जी मण्डी को पांच दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया है जांजगीर चांपा जिले में कल पंद्रह अप्रैल को कोरोना टीकाकरण कार्य स्थगित रहेगा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसआर बंजारे ने बताया कि कोरोना वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण कार्य स्थगित किया गया है